आज पांच लोग स्वस्थ होकर अपने घर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत उन देशों में से है जिसने कोविड उन्नीस की गंभीरता को समय रहते भांप लिया और तुरंत एहतियाती कदम उठाये आज भारतीय जनता पार्टी के चालीसवें स्थापना दिवस पर पार्टी कार्यकर्ताओं को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने दुनिया के सामने महामारी से निपटने का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया है

एक्सपर्ट की मदद से करते रहे एयरपोर्ट पर विदेशों से आने वाले लोगों के थर्मल स्क्रीनिंस्क्रीनिंग हों विदेश में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने की बात हो दुनिया के कई देशों से भारत में आने वाले हवाई यातायात को बंद करने का बड़ा कठिन निर्णय हो मेडिकल इंफ्रास्टेक्चर को इस महामारी से निपटने के लिए तैयार करने के लिए प्रयास हों भारत एक के बाद एक प्रोएक्टिव होकर के फैसले करता गया

भारत ने जितनी तेजी से काम किया है होलिस्टिक एपरोच के साथ काम किया है

उन्होंने कहा कि यह एक लंबी लड़ाई है लेकिन भारत न थकेगा न हारेगा

वर्तमान परिस्थितियों में इस शक्ति का प्रभाव हम अपने चारों तरफ देखें चाहे वो एक दिन जनता कर्फ्यू हो या लंबे समय का लॉकडाउन का समय या प्रत्येक भारतीय तमाम मुश्किलें उठाकर भी देश के साथ प्ररी मजबूती से खड़ा है

ये अभुतपूर्व है हम भारत के कोटि कोटिजनों का जितना नमन करे उतना कम है कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि इतने विशाल देश में लोग इस तरह अनुशासन और सेवाभाव का पालन करेंगे कल रात नौ बजे नौ मिनट के लिए देशभर में बिजली बंद कर दीये जलाने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह पूरे देश की एकजुटता की शक्ति का प्रदर्शन था

कोरोना के खिलाफ लडाई का अपना संकल्प और मजबूत किया और जो मूलभाव था मैं अकेला नहीं हूं इस लड़ाई में मैं अकेला नहीं हूं मैं भले घर में बैठा हू लेकिन पूरा देश लड़ रहा है इस चीज को कल लोगों ने एहसास फिर से एकबार आपने खुद महसूस किया होगा गांव देहात से लेकर के बड़े शहरों तक असंख्य दीयों ने प्रकाश ने कोरोना संकट के अंधेरे को उस हताश निराशा को दूर करने में एक एक नागरिक का हौंसला बुलंद करने में मदद की

प्रधानमंत्री ने कहा कि शुरू से ही राष्ट्र प्रथम भारतीय जनता पार्टी का मंत्र रहा है उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से पांच अपील करते हुए कहा कि वे गरीबों को राशन और अपने अलावा पांच से छह लोगों को मास्क उपलब्ध कराने के लिए अभियान जारी रखें श्री मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के प्रति जागरूक करने के लिए लोगों को आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग करने को कहे

प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यकर्ताओं को इस मुश्किल घड़ी में देश की सेवा में जुटे लोगों के प्रति कृतज्ञता अभिव्यक्त करनी चाहिए

नये संकल्पों का पल होता है देश के लिए समाज के लिए क्छ कर गुजरने के लिए कृतसंकल्प होने का ये पल होता है

चुनौतियों भरा ये वातावरण देश की सेवा के लिए हमारे संस्कार हमारे समर्पण हमारी प्रतिबद्धता इन सबको लेकर के और अधिक सशक्त होकर के प्रसस्त होने का मार्ग तय करता है भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं से एक शाम का भोजन त्यागने की अपील की है ताकि लॉकडाउन के दौरान कठिनाइयों से गुजर रहे लोगों के साथ एकजुटता प्रदर्शित की जा सके श्री नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए दिशा निर्देश जारी करते हुए अपील की है कि वे जरूरतमंदों को खाने के पैकेट और घर में बने मास्क उपलब्ध कराएं

यह कोरोना से लड़ने के लिए हम समर्पित करते हैं देश के सभी कार्यकर्ताओं के लिए हमने कार्यक्रम दिये हैं उन सारे कार्यक्रमों को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घर में रह कर सोशल डिसटेंसिंग का पालन करते हुए समाज की सेवा में जुटेगा और समाज में एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में वो सेवा कार्य में जुटेगा यह मैं कहना चाहता हूं और हम सब लोग प्रधानमंत्री जी को विश्वास दिलाते हैं कि उनके बताये रास्ते पर पूरी ताकत के साथ सारी पार्टी लगेगी और हम इस कोरोना की लड़ाई में विजय भी हासिल करेंगे और पार्टी को आगे बढ़ाने में मजबूती प्रदान करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि बोर्ड की परीक्षाओं मूल्यांकन और उत्तीर्ण करने के मानदण्ड के बारे में सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें चलाई जा रही हैं बोर्ड के वास्तविक परिपत्र जैसे दिखने वाले फर्जी कागजात के जरिए भोले भाले विद्यार्थियों और अभिभावकों को गुमराह किया जा रहा है सीबीएसई ने हाल ही में सुचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत विभिन्न व्यक्तियों और वेबसाइटों के नाम प्राथमिकी दर्ज कराई है और अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की है सीबीएसई ने दोहराया कि लोग ऐसी भ्रामक खबरों या अफवाहों पर विश्वास न करें और बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर घोषणाओं पर ध्यान दें केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद सदस्य वेतन भत्ते और पेंशन अधिनियम उन्नीस सौ चौवन में संशोधन के लिए अध्यादेश को आज मंजूरी दे दी इसके तहत सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन में एक वर्ष के लिए तीस प्रतिशत कटौती की जाएगी कटौती की गयी राशि कोविड उन्नीस महामारी से निपटने के लिये उपयोग की जायेगी यह अध्यादेश पहली अप्रैल से प्रभावी हो गया मंत्रिमंडल के फैसलों के बारे में सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने संवाददाताओं को बताया कि यह राशि उनासी अरब रूपये है

सभी सांसद तीस परसेंट का एक तरह से कट ले रहे हैं लेकिन वह कानून में करना पड़ता है तो कानून ऑर्डिनेंस के रूप में आज निर्णय हुआ और संसद का सत्र जब होगा तब कानून आयेगा लेकिन इसके अमल तुरंत शुरू होगा क्योंकि ऑर्डिनेंस आया है तो राष्ट्रपति जी के सिंग्नेचर के बाद आयेगा श्री जावड़ेकर ने कहा कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों ने सामाजिक उत्तर दायित्व के रूप में एक वर्ष तक अपने वेतन में एच्छिक रूप से तीस प्रतिशत कमी करने का फैसला किया है यह राशि भी भारत की समेकित निधि में जमा कराई जाएगी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने हाल ही के परामर्श में चेतावनी दी है कि सार्वजनिक स्थलों में थ्रकनेसे कोविड उन्नीस के संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है लोगों से अनुरोध किया गया है कि वे तंबाकू उत्पादों का सेवन न करें और सार्वजनिक स्थलों पर न थ्रकें स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि इससे वायरस के फैलाव को रोकने में मदद मिलेगी

कोविड वॉयरस की महामारी को बढ़ते हुए खतरे के मद्देनजर देखते हुए उन्होंने अपील की है कि कोविड महामारी के दौरान ध्रूमपान तम्बाकू उत्पादन गुटका इत्यादि के सेवन और सार्वजनिक स्थानों पर थुकने से हम परहेज करें भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के प्रमुख वैज्ञानिक रमन गंगाखेडकर ने कहा है कि कोविड उन्नीस का संक्रमण हवा से नहीं फैलता है साउंड बाईट एयर बोन होता था इंफेक्शन ड्रॉपलेट इंफेक्शन नहीं है एयर बोन इंफेक्शन है तो कोई भी फैमिली में जो भी कॉन्टेक्टस हैं सारे के सारे पॉजिटिव आने चाहिये वह तो वहीं माहौल में रह रहे हैं जिस माहौल में वह जो पेशेट हैं वह भी सांस ले रहा है और हवा छोडते ही जा रहा है हम को यह समझाना बहत ही जरूरी है उसको हम हमारी भाषा में बायोलॉजिकल प्लोजीबलिटी बोलते है कि एक अंदाज कि यह सही में दिखता है या नहीं दिखता है बिहार में कोरोना वायरस से संक्रमित आठ मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो गये हैं आज पांच संक्रमित मरीजों को कोविड उन्नीस के इलाज के नोडल अस्पताल पटना के एनएमसीएच से छूट्टी दे दी गयी इसमें से चार लोग सीवान के हैं जबकि एक मरीज पटना के खेमनीचक का है स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि इन लोगों को अगले चौदह दिनों तक अपने घर में क्वारेनटाइन में रहना होगा अब तक राज्य में बत्तीस लोग कोविड उन्नीस महामारी से संक्रमित हुए हैं पिछले चौबीस घंटे के दौरान राज्य में संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया है राज्य स्वास्थ्य समिति के अनुसार अब तक तीन हजार तीन सौ उनतीस सैंपल की जांच की गयी है जिसमें से तीन हजार दो सौ तिरानवे निगेटिव पाये गये हैं इधर देश भर में कोविड उन्नीस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर एक सौ नौ हो गयी है पिछले चौबीस घंटों के दौरान संक्रमण के छह सौ तिरानवे मामले सामने आये हैं जबकि कुल संक्रमित लोगों की संख्या चार हजार सड़सठ है स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार दो सौ बानवे मरीज इलाज के बाद स्वस्थ होकर घर जा चूके हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के प्रोफेसर राकेश गर्ग ने बताया कि लॉकडाउन और सुरक्षित दूरी बनाए रखने से कोरोना वायरस पर रोक लगाने में काफी मदद मिलेगी

जब हम सोशल डिस्टेंशिंग नहीं कर रहे हैं जब हम लॉकडाउन को ं पूरी तरह से नहीं मान रहे हैं तो वहां पर चार्सेज होने के ज्यादा हैं अगर हम देखें की हमारे फ्यूचर में ये कैसे स्प्रेंड होने वाला है तो उस पर डिपेंड करेगा कि हमारा लॉकडाउन कैसा रहता है सोशल आइसोलेशन कैसा रहता है सोशल डिस्टेसिंग कैसा रहता है जो पीक आएगा नम्बर ऑफ सर्ज ऑफ कैसेज वो एक फ्लैट हो सकता है नम्बर ऑफ कैसेज बहत कम हो जाएंगे

इसको पूरी तरह से पूर्णतरू हम सभी लोग उसमें सहयोग करें और उसको मानें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि मुख्यमंत्री राहत कोष से विशेष सहायता के अंतर्गत बिहार से बाहर फंसे एक लाख साढ़े तीन हजार से अधिक कामगारों को सहायता पहुंचायी गयी है श्री कुमार ने कहा कि इसके तहत दस करोड़ पैंतीस लाख रूपये से अधिक राशि दी गयी है बिहार में स्वास्थ्य विभाग ने कोविड उन्नीस महामारी के मद्देनजर तीस अप्रैल तक चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया है इस दौरान सभी प्रकार के अवकाश स्थगित रहेंगे बिहार राज्य सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड ने विभिन्न जिला वक्फ कमिटी के सचिवों को पत्र लिखकर आगामी नौ अप्रैल को शब ए बरात पर्व के मौके पर लोगों से कब्रस्तिान में नहीं जाने की अपील की है पत्र में लोगों को घर में ही अपने पूर्वजों को याद कर प्रार्थना और इबादत करने की सलाह दी गयी है प्रदेश में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन किया जा रहा है रोहतास जिले में इसके उल्लंघन के मामले में आज एक सौ दस लोगों को गिरफ्तार कर उनसे एक लाख रूपये से अधिक जुर्माना वसूला गया अररिया में दो सौ वाहन चालकों से लगभग चार लाख रूपये जुर्माना वसूला गया शिवहर जिले में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर पांच सौ छप्पन वाहनों को जब्त किया गया है यहां के जिलाधिकारी ने कहा है कि लोगों को सरकारी अनाज उपलब्ध कराने के लिये जन वितरण प्रणाली की दुकानें तीस जून तक सुबह सात बजे से शाम चार बजे तक खुली रहेंगी बेगूसराय में क्षेत्रीय मक्का अनुसंधान और बीज उत्पादन कोन्द्र के वैज्ञानिकों ने गरीब लोगों को राहत सामग्री प्रदान की इधर बरौनी रिफाईनरी ने पेट्रोल डीजल और एलपीजी गैस आपूर्ति के लिये पुख्ता प्रबंध किये हैं रिफाईनरी द्वारा आसपास के इलाकों में थर्मल फागिंग और रासायनिक छिड़काव किया जा रहा है जैन धर्म के तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती देशभर में मनाई जा रही है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं इधर भगवान महावीर के निर्वाण स्थल नालंदा जिले के पावापुरी स्थित जलमंदिर में जैन धर्म के अनुयायियों ने पूजा अर्चना की लाकडाउन के कारण जैन समाज के लोगों ने शोभा यात्राएं और जुलूस कार्यक्रमों को स्थगित रखा जमुई के लछुआर में लोगों ने सामाजिक दूरी का अनुपालन करते हुए परंपरागत तरीके से पूजा अर्चना की

आज पांच लोग स्वस्थ होकर अपने घर पहुंचे